अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर आज प्रदेशभर में हुए अनेक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक करेंगे नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कार्ययोजना की रूपरेखा स्पष्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने सोमवार को केन्द्र सरकार के सचिवों के साथ बैठक की थी और उनसे स्पष्ट लक्ष्यों के साथ प्रत्येक मंत्रालय का पांच वर्षीय योजना का दस्तावेज तैयार करने को कहा था मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी

अर्जुन मुंडा नई दिल्ली में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल और एनजीओ अनुदान पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे श्री मुंडा ने राज्य के जनजातीय मंत्रालयों और केंद्र में काम करने वाले अधिकारियों से अर्पील की है कि वे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयप्र में नये उद्योग लगाने के बारे में बनाये गये वेब पोर्टल के उदघाटन के मौके पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को एकल खिड़की योजना को प्रबल बनाने के लिये दो महीने में कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं श्री गहलोत ने कहा कि मंदी के इस दौर में बेरोजगारी की काफी समस्या है और बेरोजगार युवकों को उद्यमी बनाने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि उद्योग के अनुरुप माहौल बनाने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है

कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत झुंझुनू जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस्लामपुर को श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार दिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर फिरोजपुर फीडर की मरम्मत का काम जल्दी कराने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इससे गंगनहर और भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा श्री गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से इसमें जल प्रवाह की क्षमता काफी कम हो गई है रि लाइनिंग से क्षमता में सुधार होगा और जलापूर्ति में बढ़ोतरी भी होगी

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खाचरियावास ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है उन्होंने कहा कि आम लोगों को परिवहन सेवाओं का उचित लाभ मिल सके

हन्मानगढ़ की नोहर नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे

ब्रंदी में राजकीय बाल संप्रेषण गृह के अलावा किशोर गृहों और अन्य स्थानों पर गोष्ठी आयोजित हुई जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बाल श्रम से जुड़े लोगों को कानूनी जानकारी दी गई इस मौके पर बाल श्रम से मुक्त होकर पढाई कर रहे बच्चों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में बाल श्रम का उन्मूलन हो इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं

कार्यवाहक उप महानिरीक्षक शाम कपूर ने बताया कि आगामी दिनों में सेक्टर मुख्यालय के साथ बोर्डर और बाड़मेर शहर में अधिकाधिक पौधे लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों से पौधारोपण करवाने के साथ उनको पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी जाएगी

वहीं एक आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया

दुबई एटीसी ने जयपुर हवाई अड्डे के अधिकारियों को विमान का टायर फटने की आशंका जताई थी जिसके बाद हवाई अड्डे पर सुरक्षा इंतजाम किये गये और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई इस दौरान किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान पोरबंदर और महवा तथा वेरावल और दीव के बीच समुद्र तट को पार करेगा

प्रदेश में करौली पाली झालावाड और जयपुर जिले में कई स्थानों पर ब्रंदाबांदी हुई प्रदेश के अन्य स्थानों पर भीषण गर्मी रही

् बूंदी में शहीद नानक भील की पुण्य तिथि पर कल डाबी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदिवासी विकास समस्या और समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा